प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन आज बंद है वहीं रेल गाडियों को भी रद्द किया गया है राजधानी भोपाल में सुबह से सड़के और बाजार सूने पडे है प्रशासन और पुलिस का अमला आवश्यक ऐहितयात के साथ वाहनों में घूमकर लोगों को कोराना से बचने के तरीके बता रहा है लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेन्स और सार्वजनिक कार्यक्रमों के बहिष्कार जैसे कायों पर पूरी तरह से अमल किया जाए इंदौर शहर में कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिये ड्रोन के माध्यम से भीड़ वाले प्रमुख स्थानों पर रसायन का छिड़काव किया जा रहा है राजधानी भोपाल में अब तक बंद पूरी तरह से सफल रहा है

बड़वानी देवास पन्ना में भी जनता कफ्यू को देखते हुए सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिये गये हैं प्रदेश के करीब दर्जनभर जिलों में कोरोना वायरस संकमण से बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है इन जिलों में जबलपुर सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट बैतूल रीवा मंडला और ग्वालियर शामिल हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि शहर में कोरोना वायरस से चार नागरिकों के संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने शहर की दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद करवाकर नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलें कोरोना वायरस के संकमण के मद्देनजर रायसेन से सागर जबलपुर नरसिंहपुर जानेवाली बसों के परमिट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये है

राजगढ़ धार डिंडोरी भिण्ड टीकमगढ़ विदिशा निवाड़ी में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है

इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के संकमण को रोकना है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि माल गाडियां पहले की तरह चलती रहेगी